पांच राफेल लडाकू विमानों की पहली खेप आज अम्बाला के वायुसेना अड्डे पर एक विशेष समारोह में भारतीय सेना में शामिल की गई इस अवसर पर परम्परागत सर्वधर्म प्रजा की गई इस दौरान रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस के सैन्यबलों की मंत्री फ्लोरेंस पार्ली भी उपरिथत थीं

इस प्रदर्शन में स्वदेश में निर्मित तेजस और सारंग हेलिकॉप्टर ऐरोबेटिक टीम ने भी भाग लिया प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आर के एस भदौरिया भी इस अवसर पर मौजूद थे

श्री मोदी ने किसानों के सीधे इस्तेमाल के लिए ई गोपाला ऐप का भी उद्घाटन किया इस ऐप के जरिए व्यापक नस्ल सुधार कार्यक्रम सूचना पोर्टल और बाजार की सुविधा की संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करायी जाएगी इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने बिहार में मत्स्य पालन और पशु पालन क्षेत्रों में कई नए कार्यक्रमों का भी उदघाटन किया प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना सरकार की फ्लैगशिप योजना है इसके तहत बीस हजार करोड़ रूपए के अनुमानित निवेश से देश के मत्स्य क्षेत्र के लगातार विकास पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा मत्स्य क्षेत्र में यह अब तक का सर्वाधिक निवेश है

राज्यभर में छप्पन हजार आठ सौ संतानबे कोरोना संक्रमितों में से चालीस हजार छह सौ उनसठ लोग स्वस्थ हो चुके हैं जबकि सक्रिय मामलों की संख्या पंद्रह हजार सात सौ छब्बीस है वहीं राज्यभर में पिछले चोंबीस घंटे के दौरान एक हजार छह सौ नौ नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं कल कोरोना से नौ लोगों की मौत के बाद राज्य में मरने वालों की कुल संख्या पांच सौ बारह पहुंच गई है कल मिले नए संक्रमितों में रांची से छह सौ पैंतीस पूर्वी सिंहभूम से दो सौ पचास रामगढ़ से अंठानबे सरायकेला से इक्यानबे देवघर से तिहतर पश्चिमी सिंहभूम से एकहतर गुमला से तिरेपन हजारीबाग से छियालीस चतरा से पैंतालीस धनबाद से तैंतालीस बोकारो से बयालीस गिरिडीह से तीस साहेबगंज से इक्कीस गढ़वा से सत्रह लातेहार से पंद्रह लोहरदगा से तेरह कोडरमा से ग्यारह गोड़डा से दस दुमका और पाकुड़ से नौ नौ सिमडेगा और खूंटी से पांच पांच और जामताड़ा से दो मरीज शामिल हैं रामगढ़ के उपायुक्त संदीप सिंह ने जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रह रहे लोगों को पोषण के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से पोषण जागरूकता रथ को कल हरी झंडी दिखाकर समाहरणालय परिसर से रवाना किया पूरे देश मे सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है इस दौरान लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जा रहा है झारखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए धनबाद जिला प्रशासन ने अंतरराज्यीय सीमा पर कोविड जाँच शिविर लगाया है इसी क्रम में शिविर के दूसरे दिन धनबाद उपायुक्त उमाशंकर सिंह ने पश्चिम बंगाल की सीमा से सटे जिले के चिरकुंडा और मैथन के शिविरों का निरीक्षण किया पत्र सूचना कार्यालय रांची रीजनल आउटरिच ब्यूरो रांची और फिल्ड आउटरिच ब्यूरो दुमका की ओर से आज एक वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है जिसका विषय है कोरोना से जंग में स्वास्थ्य और प्रतिरोधक क्षमता के लिए उचित पोषण यह जानकारी पीआईबी रांची के अपर महानिदेशक अरिमर्दन सिंह ने दी है

स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि संक्रमण के कुल मामलों में से सक्रिय मामलों की संख्या

टेस्ट ट्रैक और ट्रीट की नीति से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़ी है और मृत्यु दर कम हुई है वर्तमान में मृत्यु दर एक दशमलव छह आठ प्रतिशत पर आ गई है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

शिक्षा विभाग से यह प्रस्ताव आपदा प्रबंधन विभाग को भेजा जाएगा और वहां से अनुमति मिलने के बाद इक्कीस सितंबर से स्कूल खुल सकेंगे स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव राहुल शर्मा ने कल राजधानी रांची में स्कूल खोलने की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की स्कूल जाने वाले शिक्षकों के लिए कोरोना जागरूकता टेस्ट कराये जाने की तैयारी की जा रही है राज्य में अबतक सत्तर प्रतिशत शिक्षकों ने कोरोना जागरूकता का सर्टिफिकेट हासिल किया है लेकिन स्कूल जाने के लिए सभी शिक्षकों के पास यह सर्टिफिकेट होना जरूरी होगा

स्कूल में आने के लिए छात्रों के माता पिता या अभिभावकों की लिखित सहमति जरूरी होगी स्कूलों में संक्रमण के खतरे वाले व्यक्तियों में ऑक्सीजन के स्तर की जांच के लिए पल्स ऑक्सीमीटर की भी व्यवस्था होगी बारह सितंबर से चलने वाली ट्रेनों के लिए आज से टिकटों की बुकिंग शुरू हो गई सिकंदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस रांची होकर बारह सितंबर से सप्ताह में दो दिन चलेगी यह ट्रेन मंगलवार और शनिवार को सिकंदराबाद से रात दस बजकर पंद्रह मिनट पर खुलेगी और बुधवार तथा रविवार की रात रांची पहुंचेगी वापसी में यह ट्रेन मंगलवार और शुक्रवार को दरभंगा से सुबह सात बजे निकलेगी बारह सितबर से चलने वाली चालीस जोड़ी स्पेशल र्ट्रेनों में झारखंड से खुलने वाली तीन ट्रेनों में अगरतल्ला से देवघर धनबाद से फिरोजपुर और मधुपुर से आनन्दबिहार शामिल हैं झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एसके द्विवेदी की अदालत में दारोगा नियुक्ति के परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका पर कल सुनवाई हुई इस दौरान सरकार की ओर से समय दिए जाने की मांग की गई अदालत ने सरकार का आग्रह स्वीकार करते हुए इस मामले में अगली सुनवाई एक अक्टूबर को निर्धारित की है

कार्यशाला का पहला दिन प्रधानाचार्यों और अध्यापकों पर केंद्रित है जिसमें नयी शिक्षा नीति को सुजनात्मक ढंग से लागू करने पर जोर दिया जाएगा इस कार्यशाला में राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त अध्यापक और सृजनात्मक गतिविधियों में लगे अध्यापक भाग लेंगे

प्रधानमंत्री के साथ चर्चा को लेकर आयोजित कार्यशाला के लिए राजधानी रांची के एक निजी स्कूल की शिक्षिका सुखप्रीत कौर का भी चयन किया गया है

फिट इंडिया मुवमेंट अभियान के तहत रांची विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा रांची में कल साइकिल रैली निकाली गई

रैली से पहले रांची विश्वविद्यालय के एनएसएस समन्वयक डॉ ब्रजेश कुमार ने कहा कि फिट इंडिया मूवमेंट स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण अभियान है भारत युवाओं का देश है और सभी युवाओं के फिट होने से स्वस्थ भारत का निर्माण होगा यह साइकिल रैली रांची विश्वविद्यालय के बेसिक साइंस बिल्डिंग परिसर से प्रारंभ होकर डीएसपीएमय केंद्रीय पुस्तकालय नीलांबर पीताम्बर पार्क रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम हॉकी स्टेडियम उपायुक्त आवास राजकीय अतिथिशाला होते हुए पुनरू बेसिक साइंस बिल्डिंग परिसर पहुंचकर समाप्त हुई

और अब संक्षिप्त खबरें चतरा के इटखोरी बाजार स्थित एक मोबाइल दुकान में कल देर रात आग लग गई

राजधानी रांची सहित राज्यभर में आज जीतिया पर्व मनाया जा रहा है इसे लेकर माताएं अपनी संतानों के दीर्घायु आरोग्य और सुखमय जीवन के लिए उपवास पर हैं दुमका स्थित सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय ने स्नातक और स्नातकोत्तर परीक्षाओं की संभावित तिथियों की घोषणा कर दी है